मौसम विभाग ने कहा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले चौबीस घंटों में तेज बारिश की संभावना भारतीय वायुसेना द्वारा किये गये बालाकोट हमले की आज पहली वर्षगांठ

प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम बारह लोगों की मौत हो गयी सबसे अधिक मुंगेर में तीन लोगों की मौत की खबर है गोपालगंज और जमुई में दो दो जबकि भागलपुर बांका पूर्वी चंपारण सारण और औरंगाबाद में एक एक लोगों की मौत हो गयी वहीं वैशाली बांका मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में ओलावृष्टि से फसलों को व्यापक क्षति हुयी है इधर मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के क्छ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि पंजाब की ओर से आये पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से उठे एंटी साईक्लोन के कारण बारिश की स्थितियां बनी हुयी हैं मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल से मौसम पूरी तरह साफ रहेगा भारतीय वायुसेना द्वारा किये गये बालाकोट हमले की आज पहली वर्षगांठ है पिछले वर्ष आज ही के दिन वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किये थे इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षक वरिष्ठ कमांडो और प्रशिक्षण ले रहे जिहादी समूह मारे गये थे उसी दिन राजस्थान के चूरू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर से यह भरोसा दिलाया था कि देश सुरक्षित हाथों में है

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा है कि एक जून से यह व्यवस्था लागू हो जायेगी केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से आंशिक निकासी की सुविधा बहाल करने के फैसले को लागू कर दिया है श्रम मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस फैसले से छह लाख तीस हजार से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा गृह विभाग ने होमगार्ड जवानों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल किये जाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है इसके तहत प्रत्येक महीने होमगार्ड के जवानों को की गयी भूगतान राशि का बारह प्रतिशत अंशदान करना होगा जबकि सरकार अपने हिस्से से तेरह प्रतिशत अंशदान देगी योजना का लाभ वर्ष दो हजार उन्नीस के सितंबर महीने से मिलेगा गृह रक्षा वाहिनी के डीजी राकेश मिश्र ने कहा है कि सेवानिवृत होमगार्ड जवानों के लंबित सेवांत लाभ का जल्द से जल्द निपटारा किया जायेगा श्री मिश्र पटना में सेवानिव्रत गृह रक्षको के विदाई समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने एक हजार सेवानिवृत होमगार्ड जवानों को डेढ़ डेढ़ लाख रूपये का चेक सौंपा इंटर परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य आज से शुरू हो रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की हड़ताल को देखते हुए कॉपी जांच के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है मूल्यांकन कार्य में वित्तरहित शिक्षकों के साथ साथ सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा ली जा रही है किशनगंज जिले की एक अदालत ने भीड़ द्वारा पीट पीटकर हत्या के एक मामले में आठ दोषियों को आजीवन कारावास और दस दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है मॉब लिंचिंग की यह घटना जिले के ठाक्रगंज थाने के बेरबन्ना गांव में वर्ष दो हजार दस में हुयी थी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र बनकर तैयार हो गया है इस केंद्र के निर्माण में पांच करोड़ अड़तीस लाख रूपये की लागत आयी है यहां गैंडों को प्राकृतिक आवास मिलेगा संरक्षित क्षेत्र होने के कारण दर्शकों को यहां जाने की अनुमति नहीं होगी लेकिन सीसीटीवी स्क्रीन के माध्यम से लोग गैंडा की गतिविधियां देख सकेंगे पटना जैविक उद्यान गैंडों की संख्या के मामले में अमरिका के सेंट डियागो चिड़ियांखाना के बाद दूसरे स्थान पर है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नालंदा जिले के इस्लामपुर के अंचल कर्मचारी चक्रधारी प्रसाद को दस हजार रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है गिरफ्तार कर्मचारी शिकायतकर्ता से सड़क हादसे में परिजन की मौत के बाद राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे की राशि देने के एवज में रिश्वत ले रहा था वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से अपराधियों ने एक लाख नब्बे हजार रूपये लूट लिये वहीं दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत जगन्नाथपुर स्थित ग्रामीण बैंक की ही शाखा से अपराधियों ने कैश बॉक्स में रखे साढ़े ग्यारह हजार रूपये लूट लिये एसटीएफ ने बिहार के इनामी अपराधी मनोज को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है उस पर मुंगेर जिले के असरगंज थाना में कई मामले दर्ज हैं कटिहार के जानेमाने व्यवसायी मनीष उनकी पत्नी और बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में चल रहे चौथे एकलव्य खेल के कबड्डी स्पर्धा के बालक वर्ग में बेगूसराय और बालिका वर्ग में पटना की टीम ने अपने अपने मैच जीत लिये हैं वहीं एक सौ मीटर दौड़ के पुरूष वर्ग में खेल संघ के दीपक कुमार और महिला वर्ग में फुलकुमारी ने स्वर्ण पदक जीता अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार बजट से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है बिहार बजट में शिक्षा स्वास्थ्य के साथ ग्रामीण विकास का संकल्प प्रभात खबर ने विधानसभा में एनआरसी खारिज किये जाने को लेकर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिये छब्बीस मार्च को होंगे चुनाव राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज ने मौसम के रूख में आये परिवर्तन से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

मौसम विभाग ने कहा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले चौबीस घंटों में तेज बारिश की संभावना भारतीय वायूसेना द्वारा किये गये बालाकोट हमले की आज पहली वर्षगांठ